राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में इस बार पारम्परिक होली मिलन समारोह नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी होली भिलन समारोह में भाग नहीं लेंगे प्रदेश में भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है बच्चों की टोलियां रंग और गुलाल से सराबोर नजर आ रही है लोग घर घर जाकर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को रंग लगाकर होली की बघाई दे रहे है पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है पुलिस द्वारा इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि कही कोई हडदंग न हो शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है इससे पहले कल प्रदेशभर में होली पूजन और होलिका दहन किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर होली पूजन किया तथा प्रदेशवासियों की खूशहाली और समृद्धि की कामना की प्रदेश में भी होली मिलन समारोह पर कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है पर्यटन विभाग द्वारा खासकोठी में हर साल मनाया जाने वाला होली मिलन समारोह इस बार आयोजित नहीं होगा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी भीड़ भाड़ वाले होली समारोह में भाग नहीं लेने का फैसला किया है पुलिस विभाग भी इस बार होली मिलन समारोह नहीं मनाएगा

ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया जाना भी आवश्यक है संदिग्ध व्यक्ति द्वारा जांच और उपचार में सहयोग नही करना दंडनीय अपराध है

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अब एसएमएस अस्पताल में ही कोरोना पॉजिटिव के बारे में कनफर्म रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी

रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह सभी बैंको की गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार निगरानी रखता है उसने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गो में बैंकों की बाजार पृंजी के आधार पर उनकी ऋण शोधन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों की ऋण शोधन क्षमता जोखिम के प्रति उनकी पर्याप्त पूंजी के अनुपात पर आधारित है न कि उनके शेयरों के बाजार मूल्य पर राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्जे की गयी है

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल इसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया